मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया मंत्रिमंडल ने शराब की बिक्री पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस कोविड सेस लगाने का निर्णय भी लिया है

मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने और मजदूरों को कौशल श्रम प्रदान कर स्वयं का उद्यम स्थापित करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को भी सहमति प्रदान की बैठक में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर सोलन के वाकनाघाट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से पर्यटन आतिथ्य व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी मास्क पहनना और स्वच्छता बनाए रखना सुनिश्चित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों व विभाग के फ़ंट लाईन वर्करज को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किए गए मास्क प्राथमिकता के आधार पर देने के निर्देश दिए गए हैं उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मनरेगा के तहत कार्य शुरू हो गया है इस दौरान जिला में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भूमि सुधार के कार्य किए जा रहे है जिले की नालडा पंचायत में मनरेगा कामगार आपदा की इस घड़ी में घर द्वार पर काम मिलने से काफी खुश है

उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि ज़िले में कृषि विभाग की लगभग सभी योजनाओं पर कार्य शुरू हो चुके हैं

गोविंद ठाकुर ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों से क्वारंटीन नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है ताकि ज़िले को कोरोना मुक्त बनाए रखा जा सके भाजपा सैनेटाईजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमाचल के लिए एक लाख सैनिटाईजर की पहली खेप भेजी है भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये सैनिटाईजर राज्य के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में भेजे जाएंगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाईजर बेहद जरूरी है जम्वाल ने कहा कि भाजपा द्वारा देश के सभी राज्यों को सैनिटाईजर भेजे जा रहे हैं

विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी दूर करने के लिए इस खास मौके पर आज हिमाचल प्रदेश राज्य रैडक्रॉस सोसायटी ने छोटा शिमला स्थित रैडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया शिविर का श्भारम्भ राज्य रैडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में रैडक्रॉस सोसायटी की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि लोगों को जागरूक करने मास्क वितरित करने और गरीबों को भोजन बांटने जैसे विभिन्न कार्य रैडक्रॉस के माध्यम से किए जा सकते हैं

इस अवसर पर राज्य रैडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाक्र ने कहा कि रैडक्रॉस का मुख्य उदेश्य आपदा के समय में पीड़ित मानवता को राहत प्रदान करना है

इसके अलावा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया डीसी हमीरपुर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर सात हो गई है हमीरपुर जिले में बड़सर उपमंडल की बिझड़ी पंचायत के द्धार गांव से कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आने के बाद इलाके में विशेष एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा

उन्होंने कहा कि आगामी तीन दिनों में पंचायत के लगभग साढ़े चार हजार लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी

उपायुक्त ने लोगों से स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग की टीमों को पूरा सहयोग देने की अपील की है

ऑनलाईन शिक्षा कोरोना महामारी की मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्व हो रही है

इसके अलावा अन्य ऑनलाईन माध्यमों से भी विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है

सोलन ज़िला आय़र्वेद अधिकारी डॉ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मध्यष्टियादि कषाय सबसे पहले कोरोना यौद्वाओं के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा उन्होने कहा कि ये काढ़ा श्वसन तंत्र को मजबूत बनाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है

कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन जबकि रैड व अॅरेंज जोन से आने वालों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा ऋचा वर्मा ने बताया कि ज़िले में बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी के लिए बॉर्डर मेनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया गया है